मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल हरिद्वार में महाकुंम मेला भव्य और दिव्यता के साथ होगा आयोजित

कोरोना के खतरे को देखते हुए दून अस्पताल कोरोनेशन अस्पताल और गांधी शताब्दी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गये है अपर मुख्य चिंकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कमार त्यागी ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में दो मरीज भर्ती थे जिसमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि दूसरे मरीज की रिपोर्ट का इंतजार है इसके अलावा तीन लोगों की घरों में ही देखभाल चल रही है डाक्टर त्यागी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं जिसमें मास्क टेस्ट सैंपल किट और आइसोलेशन वार्ड शामिल हैं कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों की वीडियो कांफ्रेस के जरिये राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की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 उन्होंने हवाई अड्डो पर निगरानी मजबूत करने पर जोर दिया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

इस बीच एयर इंडिया ने कहा है कि वह शनिवार से दिल्ली से हांगकांग की उड़ान स्थगित कर रहा है यह फैसला अधिकारियों द्वारा एन कोरोना वायरस से एक रोगी की मृत्यु की पुष्टि करने के कुछ घंटे बाद आया है बैठक सीएम मार्च में प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंथन से प्राप्त होने वाला अमृत राज्य के विकास की दिशा और दशा निर्घारित करने में मददगार साबित होगा मंथन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की नीतियां तय की जाएंगी इस दौरान मंत्रियों और विधायकों के बीच जनपदवार खुली चर्चा का भी आयोजन होगा कार्य शाला देहरादून में रासायनिक औद्योगिक आपदा के संदर्भ में समन्वय और तैयारी विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल वीके दत्ता ने कहा कि मॉक अभ्यास के लिए तीनों जिलों को रासायनिक औद्योगिक आपदा की संभावित भयावह वातावरण की स्थिति दी जायेगी जिससे निपटने के लिए इन तीनों जिलों को तैयारी करनी पड़ेगी मेजर जनरल दत्ता ने बताया कि देश में भोपाल गैस त्रासदी गेल पाइपलाइन रप्चर आदि रासायनिक औद्योगिक आपदायें घटी हैं जिनको देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण हारा मॉक अभ्यास कराया जा रहा है सीएम कांग्रेस मुलाकात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सीएम आवास में मुलाकात की कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से देहरादन में चल रही ई रिक्शा वालों की हडताल में हस्तक्षेप करने की मांग की कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के आंदोलन का समाधान निकालने की भी मांग की इसके अलावा उन्होंने शीशमबाड़ा के ट्रेंचिंग ग्राउंड से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली परेशानियों के बारे में भी चर्चा की मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे

ये प्रदर्शनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शर्नियों के अनुरूप होगी

यह राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है महाकम्म मेले से सम्बन्धित कायोँ की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कृम्म मेले में स्थायी प्रकृति के निर्माण कायोँ के लिए अपेक्षित बजट जारी किया जा चुका है उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय का ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों और विभागाध्यक्षों को अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होने के निर्देश दिये बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह मी उपस्थित रहेंगे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 उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर शुरू करने की कोई योजना है सुबोध उनियाल कृशि मंत्री सुबोध उनियाल एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आजकल जापान यात्रा पर गए हैं

सो ाल मीडिया एकाउंट पर उन्होंने बताया कि जापान यात्रा के दौरान वे वहां के निवे ाकों को अप्रैल में होने वाले वेलनेस समिट का आमंत्रण दिया है उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जैविक और औशधीय पौधों की खेती करने के कई अवसर हैं उन्होंने जापान के निवे ाकों को उत्तराखंड में उद्योग लगाने को कहा है कृशि मंत्री के साथ मुख्य सचिव उत्पल कृमार प्रमुख सचिव उद्योग मनीशा पंवार और कृशि सचिव मीनाक्षी सुंदरम भी जापान दौरे पर गये हैं

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इस मिनी स्डेडियम को बहउद्देश्यीय खेल मैदान के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने बताया कि खेल मैदान के लिए प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है श्री पांडे ने कहा कि शिक्षा के साथ ही खेल भी जरूरी है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है उन्होंने युवाओं का खेलों में प्रतिभाग करने का आह्वान किया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक बंशीघर भगत ने बताया कि बैलपड़ाव में भी भिनी स्टेडियम स्वीकृत है जिसका कार्य जल्द शुरू किया जायेगा महिला प्रशिक्षण राज्य विधानसभा में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा

इस संबंध में विधानसभा परिसर में आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने महिला कर्मचारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है सेवा समाप्त बागेश्वर जिले में न्यूनतम वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर धरने पर डटे कार्यकर्ताओं पर बाल विकास विमाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है

अन्य हड़ताली कार्यकर्ताओं पर भी विभाग नियमानसार कार्रवाई करने जा रहा है आंगनबाडी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं पिछले एक महीने से हड़ताल पर थे जिससे आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे और काम प्रभावित हो रहा था